विपक्षी दलों से लोगों को गुमराह नहीं करने की अपील की

और तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपनी सरकार का संकल्प दोहराया है केरल में त्रिश्शूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे देश की प्रगति में रोड़े न अटकाएं और न ही लोगों को गुमराह करें प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्ति दिलाने के लिए कारगर कदम उठा रही है उन्होंने भरोसा दिलाया कि आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं है उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह वैचारिक दृष्टि से दिवालिया हो चुका है और विकास के बारे में उसके मन में सकारात्मक सोच की कमी है उच्चतम न्यायालय में अयोध्या के रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में सुनवाई कल नहीं हो सकेगी न्यायमूर्ति एसए बोबडे के उपलब्ध नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई टाल दी गयी है सुनवाई की नई तारीख अभी तक तय नहीं की गई है इससे पहले न्यायमूर्ति उदय यू ललित के इस मामले से खुद को अलग करने के कारण सुनवाई दस जनवरी को टाली गई थी राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन से संबंधित नियमावली को मंजूरी दे दी है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि जल्द ही अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी इसके बाद विश्वविद्यालय प्राध्यापकों के रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया शुरू होगी सामान्य वर्ग के गरीबों को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस वर्ष आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सामान्य उच्च शिक्षण संस्थानों की तुलना में मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है इसके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई में आवेदन देना होता है उसके बाद एमसीआई कॉलेज की आधारभूत संरचना व्यवस्था शिक्षकों की संख्या और मरीजों की उपलब्धता की जांच पड़ताल के बाद सीटों की संख्या बढ़ाने पर फैसला करता है मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेजों में अगला शैक्षणिक सत्र चार महीने के बाद शुरू होगा और इतनी छोटी अवधि में पूरी प्रक्रिया सम्भव नहीं है इसे देखते हुये इन कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र दो हजार बीस इक्कीस से सामान्य वर्गों को आरक्षण का मिलने की सम्भावना है इधर केन्द्रीय सार्वजनिक कम्पनियों में होने वाली भर्त्तियों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था एक फरवरी से लागू होगी इस संबंध में लोक उद्यम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण के अंतर्गत छात्रों अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे इस बातचीत में छात्र अभिभावक अध्यापक और प्रधानमंत्री मिल बैठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किस तरह किसी भी तनाव या दबाव से मुक्त रखा जा सकता है इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डी डी नेशनल द्रदर्शन समाचार और डी डी इंडिया पर किया जाएगा इसके अलावा इसे विभिन्न वेबसाइटों के जरिए भी प्रदर्शित किया जाएगा कार्यक्रम में बिहार के भी कई छात्र शामिल हो रहे हैं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान खरीद में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिया है सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने चार फरवरी तक पिछले साल इस अवधि में हुई खरीद के बराबर लक्ष्य हासिल करने का अधिकारियों को आदेश दिया बैठक के बाद सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने बताया कि अभी पिछले साल की तुलना में सैंतीस प्रतिशत धान की कम खरीद हुई है उन्होंने बताया कि दस दिनों के भीतर इस अंतर को पाट लिया जायेगा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस साल राज्य से जिन छह विभूतियों को पद्म सम्मान मिला है वे सभी गरीब पिछड़े और अति सामान्य परिवार से आने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने परिश्रम और प्रतिभा से अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान कर देश की सेवा की श्री मोदी ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में समाज के असली नायकों की पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है तेज पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश से आने वाली ठंडी हवा के कारण लोगों को ठंड के साथ साथ कनकनी भी महसूस हो रही है विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी की सम्भावना जतायी है सुबह के समय आंशिक रूप से कोहरा भी छाया रहेगा विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान गया सहित प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है नवादा के रतनपूर में पिछले दिनों सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के तार पाकिस्तान से जुड़े होने के संकेत मिले हैं एएसपी अभियान कुमार आलोक ने बताया कि जहां मुठभेड़ हुई वहां एक खोखा बरामद किया गया है जिसपर उर्द् में अंक अंकित है जो पाकिस्तान के प्रतीत होते हैं उन्होंने बताया कि भारत में कारतूसों पर अंग्रेजी में नम्बर अंकित होते हैं एएसपी ने कहा कि खोखे के संबंध में जांच जारी है इधर इस मामले में दस नक्सलियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है मुजफ्फरपुर स्थित स्वाधार गृह से ग्यारह महिलाओं के गायब होने के मामले में ब्रजेश ठाकुर की मुख्य सहयोगी मधु समेत तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है जिन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है उसमें मधु के अलावा रामानुज ठाकुर और कृष्णा पासवान शामिल है इसके अलावा ब्रजेश ठाकुर और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी रखने की बात कही गयी है साथ ही इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की गयी है गौरतलब है कि ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित इस स्वाधार गृह में ग्यारह महिलाएं थीं लेकिन बालिका गृह यौन शोषण मामले का खुलासा होने के बाद जब इस गृह का निरीक्षण किया गया तब यहां ताला लटका हुआ पाया गया था मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत धारपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर चार सौ लीटर स्प्रीट के साथ सात तस्करों को गिरफ्तार किया है मौके से तीन पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किये गये वहीं मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के हरने से एसएसबी की टीम ने छह लाख रूपये मूल्य की नेपाली शराब बरामद की है इधर अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से एसएसबी की टीम ने दो शराब तस्करों को डेढ़ सौ बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है बक्सर में चल रही मोइनुलहक कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लीग मैच में पूर्वी चम्पारण और भोजपुर जिले की टीम ने जीत दर्ज की है पूर्वी चम्पारण ने टाई ब्रेकर में मध्रबनी को सात छह से जबकि भोजपुर ने पूर्व रेलवे जमालपुर को एक शून्य से पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है पटना में तीन मार्च को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली पीएम भी आयेंगे दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है देश को धोखा देने और लूटने वालों को नहीं छोड़ेंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है फर्जी नाम से ट्रेनों का ऑनलाईन टिकट बना कर महंगे दाम पर बेचने वाली ट्रेवल्स एजेंसी में छापा दो स्टाफ पकड़े गये प्रभात खबर लिखता है बाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व मे गश्त कर रहे दो होमगार्डों की तस्करों ने हत्या की राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अयोध्या मामले की सुनवाई फिर टली आज लिखता है गंगा की सफाई के लिए पीएम मोदी की उन्नीस सौ उपहारों की नीलामी शुरू

विपक्षी दलों से लोगों को गुमराह नहीं करने की अपील की

और तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में बढ़ोतरी